इसके बाद मुख्यमंत्री ने कोटा में संवाददाताओं को सम्बोधित करते हुए कहा कि स्थिति नियंत्रण में है सरकार बचाव और राहत के लिए सभी कदम उठा रही है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मध्यप्रदेश सरकार के साथ भी संपर्क में है और चिन्तित होने की कोई बात नहीं है हवाई सर्वे के दौरान मुख्यमंत्री के साथ नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और आपदा राहत मंत्री मास्टर भंवरलाल भी साथ रहे श्री धारीवाल ने पत्रकारों से कहा कि डुब क्षेत्र में रिहायशी कॉलोनियां बसने के कारण कोटा में ज्यादा नुकसान हुआ है उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले भी क्षेत्र से लोगों को विस्थापित करने के प्रयास किये है और आगे भी किये जाएंगे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी आज कोटा मं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रशासन को हर प्रभावित तक राहत पहुँचाने के निर्देश दिए

अधिकारियों द्वारा उन्हें सेना द्वारा कोटा सवाईमाधोपुर धौलपुर और झालावाड़ में चलाए जा रहे राहत कार्यो की जानकारी दी गई

उधर झालावाड़ जिले में चौमेला स्टेशन के पास बाधित दिल्ली मुंबई रेलमार्ग अब सुचारू हो गया है

जिले की सभी नदियां अब उतार पर है हालांकि कालीसिंध भीम सागर बांध से अभी भी पानी की निकासी की जा रही है लेकिन मात्रा कम कर दी गई है झालावाड़ जिले में आई आपदा को देखते हुए जिले के कई संगठन मदद के लिए आगे है जो प्रभावित क्षेत्रों में जाकर प्रभावित लोगों को खाने के पैकेट उपलब्ध करवाए जा रहे है कोटा बैराज से लगातार हो रही पानी की निकासी के बाद चंबल नदी के जलस्तर में बढोतरी के कारण सवाइमाघोपुर जिले में चंबल के किनारे बसे गांवों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सेना के अधिकारियों के साथ नाव से खण्डार क्षेत्र के बोहना गांव में पहुंचे उन्होंने यहां चंबल के जल स्तर का जायजा लिया जिला कलेक्टर ने बताया कि चंबल के जलस्तर में कमी आई है लेकिन ऐहतियात के तौर पर बोहना गांव में सेना और एनडीआरएफ की टीम तैनात है उधर टोंक जिले में बीसलपुर बांध में धीमी गति से पानी की आवक हो रही है

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायमूर्ति एसए बोबडे और न्यायमूर्ति एसए नजीर की पीठ ने ये निर्देश दिये केन्द्र ने पीठ को बताया कि कश्मीर स्थित सभी समाचार पत्र काम कर रहे है और सरकार हरसंभव मदद मुहैया करा रही है प्रतिबंधित इलाकों में पहुंच के लिए मीडिया को पास दिए गए है और पत्रकारों को फोन और इन्टरनेट की सुविधा भी मुहैया कराई गई है पीठ ने कहा कि राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखते हुए चयनात्मक आधार पर प्रतिबंध हटाए जाएंगे

इस मौके पर उन्होंने दूरदर्शन पर एक डाक टिकट भी जारी किया और दूरदर्शन पुरस्कार भी प्रदान किये

उन्होंने उम्मीद जताई कि दूरदर्शन भी बीबीसी और सीएनएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनलों की तरह ही दुनिया भर में देखा जाने लगेगा

वार्तालाप का उद्देश्य क्षेत्रीय मीडिया के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर जिला स्तर पर कार्य कर रहे पत्रकारों को केन्द्र सरकार की योजनाओं और सम सामयिक विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी देना है ताकि वे अपने प्रचार माध्यम से लोगों को जागरूकता कर सकें

श्री शर्मा ने कहा कि कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए समन्वित प्रयास किये जाने की जरूरत है उन्होंने कहा कि इस विषय पर समाज में जागरूकता लाना समय की जरूरत है ताकि लोगों की मानसिकता में बदलाव लाये

मंडल रेल प्रबन्धक मंजूषा जैन ने बताया कि पखवाडे के तहत रेलवे के अधिकारी तथा कर्मचारी स्वंयसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म तथा कॉलोनियों को साफ बनाने के लिए लोगों को जागरूक करेंगे

इस अवसर पर प्रदेशभर में ओजोन परत के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिये कई कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे है

बीकानेर में आज ओजोन दिवस के मौके पर पर्यावरण संरक्षण के उदेश्य को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के कर्मचारियों ने सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को साइकिल से कार्यालय पहुंचने का फैसला किया है

इस मामले में कल झुन्झुनूं बंद का आह्वान किया गया है